इंदौर से शारजाह के लिये जुलाई से शुरू हो सकती है पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

शपथ नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अब से थोड़ी देर बाद दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी और राजनयिक भी उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है बांगलादेश श्रीलंका किर्गिज गणराज्य और म्यांमा के राष्ट्रपति तथा मॉरिशस नेपाल भूटान के प्रधानमंत्री और थाइलैंड के विशेष दूत इस समारोह में उपस्थित रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे

शपथग्रहण समारोह से पहले नरेन्द्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से मुलाकात की चर्चा है कि मंत्रिपरिषद में मध्यप्रदेश से शामिल किये जाने वाले सदस्यों में मध्यप्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गेहलोत प्रहलाद पटेल को शाभिल किया जा सकता है

श्री सिंह ने बताया है कि प्रदेश के नगरीय निकायो में इजराइल के सहयोग से जल प्रबंधन की शुरूआत की जा सकती है उन्होंने आगे कहा कि इजराइल जल संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श है वहां कम वर्षा के बावजूद भी पानी की बेहतर उपलब्यता है राज्य में इजराइल की तकनीक का उपयोग री साइकिलिंग और वाटर मैनेजमेंट तथा वाटर ट्रीटमेंट में किया जा सकता है कांग्रेस प्रवक्ता रोक लोक सभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक महीने के लिए चैनलों में प्रवक्ता न भेजने का एलान किया है उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में टेलीविजन संचालकों से अपील की है कि एक महिने वे कांग्रेस प्रवक्ताओं को किसी भी चर्चा में शामिल ना करें कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रवक्ता भी निजी चैनलों के वादविवाद कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिये ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा शुरू हो गई है

इनमें से ढ़ाई सौ यात्री पहलगाम और ढ़ाई सौ यात्री बालतल मार्ग से यात्रा पर जा सकेंगे

इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम से ली जा सकती है

भौंरी स्थित संस्थान के परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि खगोलशास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र के एमेरिटस प्रोफेसर जयन्त वी नार्लिकर होंगे

केन्द्र सरकार ने इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनाये जाने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया है इस संबंध में गृह मंत्रालय ने विमानतल पर चीफ इमिग्रेसन अधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है अब इन्दौर से जल्दी ही अंतराष्ट्रीय उड़ाने शुरू हो सकेंगी इंदौर हवाई अड्डे की निदेशक आर्यमा सान्याल ने बताया है कि शारजाह के लिये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिये एयर इंडिया से बात हो चुकी है और उम्मीद है कि इसी वर्ष जुलाई से यह उड़ान शुरू हो जाएगी

दूर्नामेंट का पहला मैच लंदन के ओवल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भिड़ंत सोलह जून को मैनचैस्टर में होगी

प्रत्येक टीम को ग्रूप स्टेज में नौ मैच खेलने होंगे और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है राजधानी में हल्के बादल छाये रहने के कारण बीते दिनों के मुकाबले गर्मी का असर कृछ कम रहा मगर राज्य के अन्य हिस्सों में तेज ध्य रही

वहीं छतरपुर ग्वालियर गुना दतिया होशंगाबाद रायसेन और शाजापुर में लू का प्रभाव रहा मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक इसी तरह की गर्मी बने रहने का अनुमान जताया है

इस मौके पर जनजाग्रति रैलियां निकलेंगी विचार गोष्ठियां होंगी और मानव श्रृंखला बनाई जाएगी

इस अभियान के तहत विभिन्न जल संरचनाओं के सुधार और निर्माण कार्य किये जा रहे हैं